नये इलाके बाढ़ की चपेट में आये

अब तक उनसठ हजार पांच सौ सड़सठ लोग संक्रमित विधानमंडल का एक दिन का मॉनसून सत्र सम्पन्न

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है

बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग सतावन लाख हो गयी है चौदह जिलों के एक सौ चौदह पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड क्षेत्र में तिरहुत नहर के तटबंध में दरार आने से मोहम्मदपुर कोठी पंचायत क्षेत्र में जिले के मुरौल ब्लॉक के पिलखु गांव के निकटवर्ती गांवों में बाढ़ आ गई है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से जिले के कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं

सारण जिले में छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात सौ बाईस पर कई स्थानों पर बाढ़ का पानी बह रहा है जिले के भेल्दी और मकेर में राजमार्ग के ऊपर से तेज बहाव हो रहा है जिले में आठ प्रखंडों के चार लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं सीवान जिले में नहर का सुरक्षा बांध टूटने के कारण कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं इधर दरभंगा जिले के पन्द्रह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हो गये है उन्नीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ गयी है बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर शरण लेनी पड़ी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं

दरभंगा समस्तीपूर सारण और पूर्वी चम्पारण में कई स्थानों पर सड़क यातायात बाधित है समस्तीपूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल्याणपुर प्रखंड में जटमलपुर महादेव मंदिर के पास बागमती नदी का पानी समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर आ गया है जिससे छोटे वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है समस्तीपुर जिले में बागमती और करेह नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद शिवाजीनगर और सिंधिया क्षेत्र की चौबीस पंचायतों में बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इकतीस टीमें लगाई गई हैं चार लाख से अधिक लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है लगभग तीस हजार लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं वहीं तेरह सौ अठावन सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं जहां अब तक नौ लाख से अधिक बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया गया है प्रदेश में गंगा सोन घाघरा और महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है जबकि गंडक ब्रुढ़ी गंडक बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर कमी दर्ज की गयी है कोसी और परमान नदी का भी जलस्तर कम हो रहा है हालांकि ज्यादातर प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं बूढ़ी गंडक भी समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में लगातार लाल निशान के ऊपर बनी हुई है नदी का जलस्तर रोसड़ा में लाल निशान से चार मीटर अधिक रिकॉर्ड किया गया दरभंगा के हाया घाट में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर दर्ज किया गया इधर पटना में गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग एक मीटर नीचे है मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा का प्रर्वानुमान व्यक्त किया है कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान वजपात की भी आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा बिहार से होकर गुजर रही है जिससे राज्य में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक साठ मिलीमीटर बारिश खगड़िया जिले के परबत्ता में हुई है पटना पूर्णियां भागलपूर कटिहार बेगूसराय और मुजफ्फरपूर में बीस से तीस मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गयी है बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय मॉनसून सत्र आज सम्पन्न हो गया कोविड उन्नीस महामारी संक्रमण के चलते सुरक्षा कारणों से इस बार यह सत्र विधानमंडल परिसर से बाहर आयोजित किया गया इस दौरान बारह विधेयक पेश किये गये जिन्हें बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चालू वित्त वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया सदन ने आज बाईस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ रूपये के विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दे दी एक दिन के इस सत्र में आज राज्य में बाढ़ और कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति पर भी चर्चा हुई सरकार की ओर से उत्तर देते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि घनी आबादी के कारण बिहार में महामारी के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के इलाज के लिए कृतसंकल्प है जरूरी होने पर जांच की संख्या और बढ़ायी जायेगी बाढ़ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दस दिनों के भीतर सभी प्रभावित लोगों को छह छह हजार रूपये की अनुग्रह सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जायेगी चर्चा में भाग लेते हुये जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि गंडक में इस बार दो हजार सत्रह से भी अधिक पानी आ गया था उन्होंने कहा कि गंडक अधवारा और बागमती नदी में उच्चतम बाढ़ स्तर का पिछला रिकॉर्ड ट्रट गया इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को बाढ़ संकट और कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल बताया विधान परिषद की कार्यवाही भी एक ही दिन चली सदन में विधानसभा से परित सभी विधेयकों को मंजूरी दी गयी केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट साथ रखने की अनुमति दी जाए स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों को इस आशय का पत्र लिखा है अब कोविड रोगी वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनसठ हजार पांच सौ सड़सठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच में दो हजार दो सौ संतानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य के सभी जिलों से संक्रमण के मामले सामने आये हैं सबसे अधिक दो सौ तिरानवे मामलों की पुष्टि पटना जिले से हुई है वहीं कटिहार से एक सौ सैंतीस बेगूसराय से एक सौ तीस और वैशाली जिले से एक सौ पन्द्रह व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं इसी तरह पूर्वी चम्पारण से छियानवे मधुबनी से पंचानवे गया से इक्यानवे सहरसा से नब्बे भोजपुर और नालंदा से चौरासी चौरासी मुजफ्फरपुर से बयासी और पूर्णियां तथा सारण से बहत्तर बहत्तर सीतामढ़ी से उनहत्तर रोहतास से अड़सठ मामलों की पुष्टि हुई है अब तक अड़तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन सौ छत्तीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर चौसठ प्रतिशत से अधिक हो गयी है राज्य सरकार के आदेश के बाद कोविड उन्नीस मामलों की जांच में तेजी आई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीस हजार पांच सौ चौबीस सैम्पल की जांच की गयी है बांका जिले में शम्भूगंज प्रखंड के कसबा गांव में बिना जांच कराये सत्रह लोगों के पॉजिटिव होने का मैसेज आया है ग्रामीण नुपेन्द्र झा ने कहा कि गांव के लोग भयभीत हो गये हैं और सत्रह लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है देश में पिछले चौबीस घंटों में चालीस हजार पांच सौ चौहत्तर लोगों के ठीक होने के साथ ही कोविड उन्नीस से स्वस्थ वालों की संख्या बढ़ कर ग्यारह लाख छियासी हजार दो सौ तीन हो गयी है इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव सात छह प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में बावन हजार नौ सौ बहत्तर नये मामले आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अठारह लाख तीन हजार छह सौ पंचानवे हो गयी है वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर अड़तीस हजार एक सौ पैंतीस हो गयी है देश में कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत तक आ गई है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज ग्रप्ता ने ऑनलॉक के तीसरे चरण में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भीड़ भाड़ के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क का उपयोग करने को कहा है

इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक इरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है जो पिछले महीने की इकतीस तारीख को सेवानिवृत्त हो गईं है मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन कॉरंटीन किए जाने की निंदा की है श्री तिवारी फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित जांच के लिए कल रात पटना से मुंबई पहुंचे थे पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच करते हुए केवल अपने दायित्व का पालन कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशांत की मृत्यु की जांच के लिए टीम को मुंबई भेजने के बिहार पुलिस के फैसले में कोई राजनीति नहीं है उन्होंने कहा कि डीजीपी ग्रुप्तेश्वर पांडे इस मामले में मुंबई पुलिस के साथ बातचीत करेंगे इधर विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्यों ने इस मामले को उठाया और निष्पक्ष जांच की मांग की सावन के अंतिम सोमवारी के साथ ही भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षा बंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के बीच रक्षाबंधन का उत्साह बना हुआ है बहनें पूरी एहतियात और सावधानी बरतते हुये भाईयों को राखी बांध रही है प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को पर्यावरण और वन विभाग वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मना रहा है इसके लिये वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया इधर अंतिम सोमवारी के अवसर पर प्रदेश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हुई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आये

अब तक उनसठ हजार पांच सौ सेड़सठ लोग संक्रमित विधानमंडल का एक दिन का मॉनसून सत्र सम्पन्न